हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला की मौजूदगी मे म्ख्यमंत्री परिवार समृद्वि योजना का श्भारंभ किया कृषि मंत्री जे पी नड्डा ने भिवानी की अनाज मंडी में किसानों व मजद्रों के लिए दस रूपये में खाना उपलब्ध करवाने के लिए किसान कैंटीन का उदघाटन् किया

ग्रूग्राम की जिला अदालत ने ग्रूग्राम में न्यायाधीश की पत्नी और बेटे की हत्या के आरोपी गनमैन महीपाल को फांसी की सज़ा स्नाई

इस मौके उप उप म्ख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला व अन्य गणमान्य मौजूद थे मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू की गई योजनाओं में जल जीवन मिशन और और अटल भ्र जल योजना भी शामिल है

उन्होंने कहा कि सिरसी गांव को लाल डोरा मुक्त करने की श्रूआत भी की गई उन्होंने कहा कि पश्पालन को प्रोत्साहन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पश् किसान क्रेडिट कार्डयोजना श्रू की गई है और किसान मजदूरों को दस रूपये में खाना देने के लिए अटल किसान मज़द्र कैंटीन योजना के तहत कैटिंने खोली जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैंटिने अनाज मंडियों चीनी मिलों आदि में खोली जायेगी

उन्होंने कहा कि जन कल्याण की कई योजनाओं का विस्तार भी किया गया है मेडिकल के स्नातकोतर के पाठ्यक्रम में आर्थिक तौरपर कमज़ोर वर्ग के प्राथियो और वंचित अन्सूचित जातियों को दस दस प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णरू लिया गया है उन्होंने कहा कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा की मान्यत भी पांच वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी गई है

म्ख्यमंत्री ने बताया कि इसमें डेढ़ लाख अस्सी हजार रूपये से कम आय वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि दी जाने वाली राशि से बीमा योजनाओं की किश्त देने के बाद शेष राशि का भविष्य निधि में निवेश अथवा नकद भ्गतान किया जा रहा है उन्होंने बताया कि योजना में पंजीकरण की स्विधा संय्क्त सेवा केन्द्र और सरल केन्द्र पर उपलब्ध है म्ख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पात्र के पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है अगर उसके पास परिवार पहचान पत्र नहीं होगा तो इसके लिए उसे मौके पर परिवार पहचान पत्र बना के दिया जायेगा पंजीकरण या परिवार पहचान पत्र के लिए कोई फीस नहीं लगेगी मुख्यमंत्री मे मौके पर कुछ लाभार्थियों की किश्त के पैसे कटने के बाद बकाया राशि उनके खाते में डालने का काम भी किया एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि आय को लेकर अभी परिवारों द्वारा स्वै घोषणा की जा रही है जिसकी पड़ताल बाद मे की जायेगी और गलत आय घोषित करने वालों से वसूली की जायेगी कृषि मंत्री जे पी दलाल ने आज भिवानी की अनाज मंडी में किसानों व मजदुरों के लिए दस रूपये में भरपेट खाना उपलब्ध करवाने के लिए किसान कैंटीन का उदधाटन किया

अपने सम्बोधन में कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि अगले छ साल मे हरियाणा का द्वम्ध उत्पादन दोग्णा हो उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में मत्स्य पालनन की एह हजार परियोजनायें लगाई जायेगी उन्होंने मीडिया से रूबरू होते कहा कि जल्द हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां किसानों की आय दोगुणा होगी टिड़डियों को लेकर उन्होंने कहा कि हरियाणा मे एक भी टिड्डी को घुसने नहीं दिया जायेगा पूरे हरियाणा के अधिकारी चौकस है और अभी तैयारियां पूरी कर ली गई उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह निर्भय सामूहिक द्वष्कर्म और हत्या मामले में चारो दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने के की दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चूनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा न्यायमूर्ति आर भान्मथी की अध्यक्षता वाली पीठ ने महान्याय अधिवक्ता त्षार महेता की उस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया जिनमे केन्द्र की याचिका पर उन्होंने केन्द्र की याचिका पर चारो दोषियों को नोटिस जारी करने की मांग की थी

ग्रूग्राम की जिला अदालत ने ग्रूग्राम में न्यायाधीश कृष्ण कांत की पत्नी और बेटे की हत्या के आरोपी उनके गनमैन महीपाल को फांसी की सज़ा सुनाई है

यमुनानगर से शहर की सड़कों के किनारे लंबे समय से जर्जर हालत में खड़े वाहनों को नगर निगम द्वारा प्लिस के सहयोग से जब्त किया जायेगा निगम के कार्यकारी अधिकारी दीपक सुरा ने बताया कि इन वाहनों को हटाने के लिए इनके मालिकों को चार दिन का समय दिया गया है